आज ग्रेटर नोएडा में तेरहवें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रो टेक दो हजार उन्नीस का उदघाटन करते हुए उन्होंने समाज की ऊर्जा जरूरतों से निपटने के लिए तेल और गैस के पारदर्शी और लचीले बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने कहा कि ऊर्जा की आपूर्ति उसके च्रोत और उसकी खपत के तरीको में तेजी से बदलाव हो रहा है उन्होंने कहा कि सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और उसके डिजिटल उपयोग के बीच समावेश दिखने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है उन्होंने कहा कि सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराना देश की सर्वेच्च प्राथमिकता है केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने समी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना और शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था के जरिये लोगों तक स्वच्छ ईधन पहंचाने में मदद मिली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन नये भारत की नींव है वे आज वेंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा तीन अरब वीं भोजन थाली परोसे जाने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण किया उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन मिशन इन्द्रधनुष और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिये बच्चों के पोषाहार टीकाकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है बचपन के ईद गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने का प्रयास किया गया है

खान पान टीकाकरण और स्वच्छता मुझे खुशी है कि अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी साथी इस सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी माताओं और बच्चों तक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पहंचने से बड़ी संख्या में जीवन बचाये जा सकेंगे यदि देश का बचपन कमजोर रहेगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी यदि जन्म से पहले और जन्म के फौरन बाद बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दिया जाए और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए तो भविष्य में स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां कम होंगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर तीन अरब वीं थाली भी परोसी इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर उसकी समीक्षा याचिका के नामंजूर किये जाने की स्थिति में अध्यादेश लाएगी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाक्डेकर ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा इस बारे में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज किये जाने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया श्री जावड़ेकर ने कहा मोदी सरकार आरक्षण के पूरे पक्ष में है सामाजिक न्याय देगी और इसलिए उच्चतम न्यायालय में जो इलाहाबाद में निर्णय दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अर्फेंड किया वो हमें मंजूर नहीं है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मानवता के प्रति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि उनकी पृण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में राजनीति में शुविता और पारदर्शिता के लिए अभियान शुरू कर रही है कांग्रेस की नवनिर्वाचित महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आज लखनऊ पहुंची उन्होंने लखनऊ हवाई अड्डे से पार्टी मुख्यालय तक एक रोड शो किया